योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ कार्मिक होंगे लाभान्वित प्रदेश में भी शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजनालाभार्थियों को कार्ड वितरित किये गये

और सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से की अपीलसोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें

इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ कार्मिक लाभान्वित होंगे

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योजना से मिलने वाली पेंशन वुद्वावस्था में बहत बड़ा सहारा होगी इस योजना की अधिक से अधिक श्रमिकों को जानकारी देनी चाहिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब समाजे का हर व्यक्ति मजबूत हों उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में स्थानीय विधायक राजकुमार दुकराल और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से इस योजना का लोकार्पण किया इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस योजना के विषय में विस्तुत जानकारी दी गई साथ ही कुछ लाभार्थियों को इसके कार्ड भी बांटे गए इस योजना से असंगठित क्षेत्रों के कामगार बेहद खुश हैं सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली लाभार्थी मीनाश्री का कहना है इससे पहले किसी ने भी इस तरह की योजना नहीं चलाई थी

आज प्रधानमंत्री ने इसे देश को समर्पित किया है अल्मोड़ा मे विधानसभा उपाध्यक्ष रध्नाथ सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि जिन कामगारों को कोई पेंशन नहीं मिलर्ती थी उन लोगों के लिए यह योजना सूर्योदय है चमोली जिले में नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को योजना के लाभार्थियों को पंजीकरण कार्ड भी वितरित किये

मंगलवार को भी लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया

हरिद्वार के जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को कार्ड वितरीत किए गए इस मौके पर लाभार्थियो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया

इसके अलावा उन्होंने भण्डारण क्षमता को बढ़ाने का भी आदेश दिया है उन्होंने एक लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने किसानों से क्रय किए जाने वाले गेहूँ का तत्काल भूगतान सुनिश्चित करने और धान की तरह ही गेहूं का भुगतान ऑनलाइन करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश में साढ़े छह लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं स्लग सूचना प्रसारण मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड़ ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी सतर्कता से इस्तेमाल करना होगा क्योकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है

इसीलिये राज्य सरकार युवाओं के लिए उद्यमिता एवं कौशल विकास पर बल दे रही है

राज्य के युवाओं को केन्द्र में रखकर आयोजित किये जा रहे इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए युवाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी